राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहार लाल नेहरु को उनके एक सौ उनतीसवें जन्मदिन पर याद कर रहा है यह दिन बाल दिवस के रुप में मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरु को श्रद्वांजलि दी एक ट्वीट में श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम और प्रधानमंत्री काल के दौरान उनके योगदान को दोहराया पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी नई दिल्ली में पंडित नेहरु की समाधि शांतिवन जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की आज बाल दिवस है यह दिन प्ररे देश में बच्चों के अधिकारों देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है बाल दिवस हर वर्ष चौदह नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आए विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ अपने विचार साहा किए

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आज नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला श्री अनंत कुमार के निशन के कारण उन्हें यह प्रभार सौंपा गया है रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मुकेश एल मंडाविया और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजीद थे

इस उपग्रह से पूर्वोत्तर और देश के दूर दराज के इलाकों में तेज गति की संचार सुविधाओं में वृद्धि होगी एच आई वी एड्स बचाव और नियंत्रण अधिनियम दो हजार सत्रह पर कल नाहरलगुन में एक परामर्श बैठक हुई इस बैठक के दौरान दस सितंबर दो हजार अटठारह के केंद्रीय कानून को राज्य विशेष कानून के अनुरुप लागू करने पर जोर दिया गया यह अधिनियम एच आई वी एड़स से प्रभावित व्यक्तियों को अधिकार दिलाने और उनके लिए भेदभाव रहित माहौल सुनिश्चित करने पर जोर देता है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 आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अट़ठारह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया